मुख्यमंत्री ने विभिन्न सरकारी भर्तियों को समय पर पूरा करने के लिए उच्चस्तरीय समिति गठित करने के दिए निर्देश

कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

कार्यकम के दौरान प्रधानमंत्री विद्यार्थियों को तनावमुक्त होकर परीक्षा की तैयारी करने और उसमें बैठने के बारे में अपने विचार और सुझाव साझा करेंगे एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा योद्वाओं माता पिता और शिक्षकों को साथ नये फॉरमेट में यादगार परिचर्चा होने की संभावना है

परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम इलेक्ट्रोनिक और डिजिटल मीडिया प्लेटफोर्म पर देखा जा सकता है प्रदेश में भी इस कार्यकम को लेकर विद्यार्थियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश की विभिन्न राजकीय सेवाओं में भर्तियों को समय पर पूरा करने के उद्देश्य से उच्च स्तरीय समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं यह कमेटी भर्तियों को निर्बाध तरीके से राज्य लोक सेवा आयोग और राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा निर्घारित कलेण्डर के अनुसार पूरा कराने पर अनुशंसा देगी समिति एक महीने में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को देगी श्री गहलोत ने कल जयपुर में राजकीय सेवाओं में भर्ती की स्थिति पर समीक्षा बैठक में यह बात कही बैठक में मुख्यमंत्री ने बिजली कम्पनियों में विभिन्न पदों की भर्ती परीक्षाओं के केन्द्र केवल राजस्थान में ही रखने के निर्देश दिए इससे प्रदेश के अभ्यर्थियों को राज्य से बाहर के परीक्षा केन्द्रों पर जाने से मुक्ति मिलेगी

स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने राज्यों को आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार उन्हें वैक्सीन की आपूर्ति करती रहेगी उन्होंने राज्यों से आग्रह किया कि प्राथमिकता वाले समूहों को मिशन मोड में टीके लगाए जाएं डॉ हर्षवर्धन ने कहा कि कोई भी राज्य सरकार यह शिकायत नहीं कर सकती कि टीके की कमी के कारण टीकाकरण नहीं हो पा रहा है डॉ हर्षवर्धन ने कल राजस्थान सहित दस राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों अपर मुख्य सचिवों और स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रधान सचिवों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के दौरान यह बात कही केन्द्र सरकार ने कहा है कि कोविड महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए अगले चार सप्ताह के दौरान देश में स्थिति बहुत नाजुक होगी सरकार का मानना है कि संक्रमण के बढते मामलों पर काबू पाने के लिए लोगों की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है नीति आयोग के सदस्य वी के पॉल ने लोगों से अपील की कि वे टीका जरूर लगवाएं

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने निजी टीवी चैनलों से आग्रह किया है कि वे दवाई भी कड़ाई भी के संदेश के प्रति जागरूकता फैलाएं और कोविड नियमों का पालन करने तथा पात्र लोगों को टीका लगवाने का संदेश दें आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है

इसका उद्देश्य स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करना है

डॉ शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार सभी के लिए स्वास्थ्य की अवधारणा को विकसित करने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है प्रदेश में कल रात विभिन्न स्थानों पर मौसम में बदलाव के चलते आंधी और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के समाचार है बीकानेर के राजासर भाटियान में ओले भी गिरे है